आकाश में जाने के मात्र सोलह मिनट के भीतर ही चंद्रयान ने निर्दिष्ट चंद्र कक्षा में प्रवेश किया

ये क्षेत्र अभी तक अनजाना है यहां जांच की पहली सॉफ्ट लैंडिंग होगी

इसके अलावा चंद्रमा के निकट दक्षिणी ध्रव में पानी या बर्फ की खोज करना इसके वातावरण की जांच करना साथ ही चंद्रमा के भीतर की भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करना और उच्च तकनीक और क्षमतावाले कैमरों का उपयोग करके चंद्रमा की सभी प्रकार से जांच करना शामिल है

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानो सैनिकों मजदूरों और व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्ग के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में एन डी ए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पचास दिन पूरे होने के अवसर पर जावड़ेकर ने कहा कि लोग अब आश्वास्त है कि पहले कार्यकाल के मुलाबले में सरकार के दूसरे कार्यकाल में सुधार कल्याण और न्याय की गति में तेजी आई है उन्होंने कहा कि पचास दिनों के अंदर मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं जो बुनियादी ढांचा शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में तेज गति से विकास के रोडमैप को प्रदर्शित करते हैं प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने पचास दिनों के भीतर सभी प्रकार के न्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाये हैं जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है लगातार भारी बारिश ने वेस्ट सियांग जिले को जोड़ने वाले संपर्क को बाधित कर दिया है

सड़क संपर्क के अस्थायी पुनरुद्धार का कार्य पूरे जोड़ों पर चल रहा है आलो पांगिंग और पासीघाट राजमार्गों से कई भूस्खलन की रिपोर्ट मिली है यात्रियों के बाधित क्षेत्र में कई घंटों तक फंसे रहने की भी रिपोर्ट मिली है पासीघाट के सहायक अभियंता ट्रांसमिशन कोमकर तासों ने कहा कि एक सौ बत्तीस के वी टावर लाइन के मरम्मत कार्य में एक महीना लग सकता है गौरतलब है कि गत सत्रह जुलाई को भूस्खलन के कारण आलो पासीघाट ट्रांसमिशन लाईन के क्षतिग्रस्त होने से पासीघाट क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी उन्होंने बताया कि बिजली आपूर्ति की वैकल्पिक उपाय के लिए विभाग आलो और पासीघाट के बीच पुरानी तैंतीस के वी ग्राउण्ड लाइन के मरम्मत में लगी हुई है जो दो या तीन दिन के भीतर पूरी हो जाएगी

दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी के कार्यक्रम का यह दूसरा संस्करण है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री हर महीने के अंतिम रविवार को इस कार्यक्रम के जरिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं पिछले कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा था कि समग्र स्वास्थ्य देखभाल के प्रति जारुकता से योग महत्व उजागर हुआ है उन्होंने कहा कि योग को प्रोत्साहन देना समाज सेवा का एक बड़ा उदाहरण है प्रधानमंत्री ने जापान इटली और कई अन्य देशों में योग का प्रशिक्षण दिये जाने की भी चर्चा की थी देश के सात करोड़ बत्तीस लाख से अधिक किसान परिवारों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत पहली और दूसरी किस्त मिल चुकी है दो हजार रुपये प्रति किस्त प्रति परिवार की दर से कुल चौदह हजार छह सौ छियालीस करोड़ वितरित किए गए हैं आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सूची में उत्तरप्रदेश सबसे ऊपर है यहां दो करोड़ बीस लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं बहत्तर लाख किसानों के साथ आंध्रप्रदेश द्रसरे नंबर पर और पचास लाख किसानों के साथ महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लक्ष्य देश के चौदह करोड़ पचास लाख किसानों तक लाभ पहुंचाना है